प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में शुरू कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पुख्ता प्रबंध राज्य सरकार ने आयकरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक साल के लिए खाद्यान्नों पर बंद की सब्सिडी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का आरोप सरकार कोरोना से निपटने में हर मोर्चे पर रही नाकाम

राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उदघाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है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 अतरू सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है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

सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना की उन्होंने कहा है कि यह सभी पूरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देशभर से मिले लॉखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है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

उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इस नीति को लागू करने में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है राज्यपाल ने कहा कि इस नीति ने सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है और ये एक भविष्यन्मुखी व गतिशील दस्तावेज है जो देश को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेगा विपिन परमार प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हो गया है

विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में हो रहे इस सत्र के लिए पूरी व्यवस्था की गई है

उन्होंने कहा कि सदस्यों की सीटों के बीच पॉली कार्बोनेट शीट लगाई गई है और सदन व परिसर को दिन में दो बार सेनिटाइज किया जाएगा

विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि दोनों तरफ के सदस्यों का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा शोकोदगार इससे पूर्व प्रदेश विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी पूर्व विधायक राकेश वर्मा व चंद्रवर्कर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई

सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का बहत अच्छा व्यंक्तित्व था और सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे उनका हिमाचल से भी गहरा लगाव था

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकल परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोदगार में हिस्सा लेते हुए सभी दिवंगत नेताओं सैनिकों और कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी की कमी देश को खल रही है अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मान राशि और नौकरी दें संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व विधायक चंद्रवर्कर और राकेश वर्मा के निधन पर शोक जताया कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने शोकोद्गार में शामिल होकर स्व प्रणब मुखर्जी को देश का सफलतम वित्त मंत्री बताया प्रश्नकाल प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य अनुदानित योजना के तहत अनुदान को कम करने के लिए आयकरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगले एक साल के लिए खाद्यान्नों पर दी जाने वाली सबसीडी बंद कर दी है प्रश्नकाल के दौरान आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी गई

हालांकि सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल उपमोक्ताओं को दिए जा रहे गेहूं के आटे व चावल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है और इनकी दरें पहले जैसी ही हैं

विधायक विनय कमार के एक सवाल के लिखित उत्तर में सदन को बताया गया कि रेणुका डैम प्रोजेक्ट की सभी औपचारिकताए पूरी कर ली गई हैं और केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति की स्वीकृति शेष है

विधायक रमेश ध्वाला के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के मुरम्मत और रखरखाव कार्य को प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के अधीन लाने पर विचार कर रही है

लेकिन कोरोना महामारी जैसे गंभीर विषय को देखते हुए उन्होंने इसी नियम के तहत चर्चा को स्वीकार किया है

उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में असफल रही है और इस दौरान सरकार ने आपातकाल की तरह काम किया और प्रदेशवासियों पर देशद्रोह के मामले दर्ज कर डाले अग्निहोत्री ने मौजूदा सरकार को कनफ्यूज सरकार करार देते हुए कहा कि यह इतिहास में लिखा जाएगा कि सरकार ने संकटकाल में जहां राशन दरों में बढ़ोतरी की और सब्सिडी में कटौती की वहीं बिजली और बस किराए में भारी बढ़ोतरी की गई मुकेश अभ्निहोत्री ने आरोप लगाया मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सुसाइड हए हैं उन्होंने कहा कि युवाओं की नौकरी चली गई और बेरोजगारी बढ़ रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपो पर कहा कि वे विषय को भटका रहे हैं और तथ्यों पर बात नहीं कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कोरोना के मामले पर विश्रद्ध राजनीति कर रहा है

और उनकी सरकार में दो हजार आए हैं चर्चा में विधायक राजीव बिंदल आशा कुमारी विनोद कुमार राम लाल ठाकुर राकेश सिंघा और नरेंद्र ठाकुर ने भी हिस्सा लिया